आज विश्व खादय सुरक्षा दिवस है ये दिन खादय पदार्थो से होने वाले संभावित नृकसानों को रोकने पहचानने और उसका प्रबंध करने के प्रति जागरूकता लाने के उददेश्य से मनाया जाता है इस दिवस पर खाद्य स्रक्षा लोगों के स्वास्थ्य आर्थिक सम्पन्नता कृषि बाज़ारों तक पहंच पर्यटन और समन्वित विकास जैसे मुद्दों पर भी विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर आज उप राष्ट्रपति वैकेया नायड्र ने सभी भागीदारो को जिनमे उत्पादक विक्रयकर्ता उपभोक्ता और सरकारें शामिल है उनसे आग्रह किया है पांच लोगों को ऐसे खाद्य पदार्थ व भोजन मिले जो सुरक्षित स्वास्थ्यवर्धक व पोषण से भरपूर हो श्री नायड्ड ने आज टवीट कर आगे लिखा कि वर्तमान में खादय पदार्थो से उत्पन होने वाली बीमारियों के प्रति भी जागरूक्ता लाने की काफी जरूरत है

जिसमे केंद्रीय राज्य मंत्री रत्न लाल कटारिया ने घर घर पहंच लोगो से सम्पर्क किया

हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने मोदी सरकार की पहले साल उपलब्धियों को लेकर जगाधरी में घर घर जाकर लोगों को उपलब्धिी पत्र भैंट किये उन्होंने कहा िक मोदी सरकार के दूसरे कार्यालय का पहला साल बहत प्रभावशाली व उल्लेखनीय उपलब्धियों से भरा रहा है

पंचकूला में हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने केन्द्र की उपलब्धियों को लेकर जन सम्पर्क अभियान शुरू किया